उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के अनुसार युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्थान खोलेगी सरकार ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर हिमपात अनेक भागों में वर्षा भाजपा जश्न त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भिली सफलता से प्रदेश भाजपा गदगद है इस सफलता को लेकर आज शिमला में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया पार्टी मुख्यालय दीपकमल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल हुए इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने शिमला के सीटीओ में भी जीत की ख्रशी साझा की इस मौके स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे

इसका गवाह बना शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जीत के इस जश्न का हिस्सा बने जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक चुनाव नतीजों को केन्द्र की विकास नीतियों पर जनता का विश्वास बताया

सत्ती जश्न इधर ऊना में भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दिया

उन्होंने कहा कि ये जीत केन्द्र सरकार की नीतियों व भाजपा की विचारधारा पर जनता की मुहर है

राज्य कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ख्रशीराम बालनाहटा ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार की नीतियों से खूश है उधर कुल्लू ज़िला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है और इस जीत से हर कार्यकर्ता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है इधर नाहन भाजपा मण्डल के अध्यक्ष दीन दयाल वर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है जिसकी विश्व स्तर पर सराहना की गई है

इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढाक गांव से जाखी व रमई पेखा सड़क का भूमि पूजन और समाला से जूणीधार सड़क का उद्घाटन शामिल है

बिक्रम ठाकुर उद्योग व तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा ज़िले में जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की कलोहा और बठरा पंचायतों का दौरा किया इस मौके उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सड़क व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है बिक्रम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए उच्च श्रेणी के तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे उन्होंने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया

वे आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर क्षेत्र की कक्कड़ पंचायत के छम्ब गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे

इस बीच प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर में आनन्दित योग संस्थान का शुभारम्भ भी किया और कहा कि योग एक अति महत्वपूर्ण विज्ञान है सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके ये बात आज उन्होंने शाहपूर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी में जनसमस्याएं सुनने के बाद कही सरवीण चौधरी ने दूरदराज क्षेत्र के लोगों के सर्वागीण विकास की अपनी प्रतिबद्धता जताई मारकण्डा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार जल्द ही रामपुर व चण्डीगढ़ में जनजातीय भवनों का निर्माण करेगी धर्मशाला के समीप दाड़ी में किन्नौर विद्यार्थी संघ द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी रामलाल मारकण्डा ने किन्नौरी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से आपसी भाईचारा व स्नेह बढ़ता है गोबिंद ठाकूर वन परिवहन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज शिमला में हुए एक समारोह में फर्स्ट हिमाचली फिल्म ऐंटरटेनमेंट प्रदान किए फिल्म निर्माण और संस्कृति के संरक्षण व संवर्द्वन में सराहनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए गोबिंद ठाकूर ने कहा कि प्रदेश सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जा रही हैं

शिक्षा व संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये जानकारी दी है इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल शिमला स्थित विधानसभा परिसर में होगी इसकी अध्यक्षता विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री करेंगे

इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती करेंगे इसमें चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्मर करेंगी मौसम जनजातीय ज़िले लाहौल स्पीति में बीती रात से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जिससे समूची घाटी कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है किन्नौर कुल्लू चम्बा और शिमला ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बाद दोपहर से हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा हो रही है ताज़ा हिमपात व वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इधर कांगड़ा ज़िले में कई स्थानों पर वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई जिससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है

चम्बा भाजपा चम्बा ज़िले की पंचायत समिति मैहला में अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए मतदान में भाजपा समर्थित भावना देवी को अध्यक्ष और रोशन लाल को उपाध्यक्ष चुना गया है

भरमौर के विधायक जीयालाल व चम्बा सदर के विधायक पवन नैयर ने दोनों पदाधिकारियों को इस जीत पर बधाई दी है शहीद स्मारक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ईंट शहीद के नाम अभियान के तहत बिलासपुर के शहीद स्मारक के लिए अपनी तरफ से ईंट अर्पित की है उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि प्रदेश का पहला शहीद स्मारक बिलासपुर के चंगर सैक्टर में बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इस युद्ध स्मारक को भव्य व सुंदर रूप देने के लिए चण्डीगढ़ के वास्तुकारों की सेवाएं ली जाएंगी